प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी में लगभग चौबीस सौ करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रवानमंत्री वाराणसी में गंगा नदी पर देश के प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल बंदरगाह का लोकार्पण करेंगे इस जल परिवहन सुविधा का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री वाजिदपुर में आयोजित समारोह में बाबतपुर वाराणसी चार लेन एवं रिंग रोड मार्ग सहित कई महत्वाकांडी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री के यहां भ्रमण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का कई बार जायजा ले चुके हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के सम्मान में लोगों से अपील की है कि ये दीपावली पर सजाए सवारे गए अपने अपने घरों से सजावट को अमी ना हटाए मृत्तान सिंह यादव आकासवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व शांति सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रथम विश्वयुद्व की समाप्ति के एक सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि युद्व से होने वाले विनाश पर स्थाई विराम लगना चाहिए श्री मोदी ने अपने संदेश में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले जाबाज भारतीय सिपाहियों का स्मरण किया प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान की स्नृति में युद्ध विराम दिवस के अवसर पर फ्रांस में एक नई प्रतिमा का अनावरण किया गया प्रथम विश्वयुद्ध कल ही के दिन उन्नीस सौ अट्ठारह में समाप्त हो गया था युद्द के दौरान पश्किमी मोर्चे पर ब्रिटिश भारत की ओर से अपनी जान गवाने वाले चार हजार सात सौ से अधिक सैनिकों और श्रमिकों की याद में फ्रांस के लेवेन्टी में यह सात फूट ऊंची कांसे की प्रतिमा लगाई गई है लेवेन्टी का चयन इस स्थान पर उन्तालिसवर्वी रॉयल गढ़वाल राईफल्स के दो भारतीय सैनिकों के अवशेष मिलने के बाद किया गया है इस अवसर पर कल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित समारोह में लगभग सत्तर देशों के नेतओं ने हिस्सा लिये इनमें अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति और विकास के पथ पर बढ़ रहा है उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि श्री मोदी ने राष्ट्र को विश्व स्तर पर गौख दिलाया है उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और समाज के वंचित तबको के लिए मुद्रा योजना उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित कई योजनायें लागू कर रही है उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है राज्यपाल राम नाईक ने डॉक्टरों से चिकित्सा विज्ञान की प्रगति की जानकारी रखने के साथ साथ रोगियों को भी उससे लामान्वित करने का आह्वान किया है लखनऊ में कल राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित निगुल्क सुपर स्पेशियलिटी विकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल ने यह बात कही राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टरों द्वारा अवकाश के दिनों में रोगियों की सेवा करना समाज के प्रति एक तरह का समयदान है विकित्सा शिविर में देश और प्रदेश से विकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया शिविर में मरीजों को निःशुल्क परामर्श जांच और औषधि भी वितरित की गई

राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रोफेसर रामगोपाल गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक मनुस्ति और आधुनिक समाज का विमोचन भी किया बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में कल से दो दिवसीय स्वास्थ्य मेला शुरू हो गया है केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कल इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया मेले में एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी और होम्योपैथिक डॉक्टर मरीजों की निशुल्क जांच कर उन्हें मुफ्त में दवाए भी उपलब्ध करा रहे हैं सांसद निधि की मदद से लगाये गये इस मेले में पहले दिन चार सौ से अधिक मरीजों ने अपना उपचार कराया

बरेली में कल केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार और प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में स्वच्छ सर्वेक्षण महारैली का आयोजन किया गया यह रैली जिले की कोहारा पीर चौराहे से शुरू होकर गॉघी उद्यान पर समाप्त हुई रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने का आहवान किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मुख्य एजेंडा देश को स्वच्छ बनाना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल झांसी के मऊरानीपुर तहसील के ब्लॉक बंगरा में भोज बाल समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सड़क निर्माण की दो सौ छाछठ करोड़ रूपये की योजनाओं का शिलान्यास किया इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक सौ बहत्तर करोड़ रूपये की लागत से सड़कें बनायी जायेंगी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक कार्यक्रम में भी भाग लिया उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से रूबरू कराने का आहवान किया श्री मौर्य ने कहा कि आज के यूग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया भी आम जनता से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से ग्यारह से पन्द्रह नवम्बर तक बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है

सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व सूर्यषद्वी यानी छठ पर्व कल से पूरी आस्था व श्रद्वा के साथ शुरू हो गया छठ प्रतियों ने कल शाम करू की सब्जी व चावल खाकर अपना व्रत युरू किया आज शाम खरना पूजन कर छठव्रती प्रसाद में रशियाव खीर ग्रहण करेंगी पुनः निर्जेला व्रत रहते हुए मंगलवार को डूबते हुए भगवान सूर्य की आराधना कर अर्घय देंगी तथा बुधवार को उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घय देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिफ्व रामगोविंद चौघरी को कल दिल का दौरा पड़ने के बाद झांसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी स्थिति में सुघार न होने के कारण उन्हें एयर एम्बुलेंस से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल मेजा गया है